उच्चतम न्याययालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी है

पीठ ने कहा कि पहले के फैसले पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है पीठ ने कहा कि दोषी की आपत्तियों पर उच्चतम न्यायालय अपने पहले के फैसले में अच्छी तरह विचार कर चुका है दोषी की याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता तूषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि अक्षय किसी दया का पात्र नहीं है श्री मेहता ने कहा कि इस मामल के दोषी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि फैसले के अनुपालन को किसी न किसी तरह से लटकाकर रखा जाए उन्होंने कहा कि कानून को जल्द से जल्द अपना काम करना चाहिए इस बीच दोषी अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए न्यायालय से तीन सप्ताह का समय मांगा है महाधिवक्ता तुषार मेहता न अदालत को याद दिलाया कि राष्ट्रपति को ऐसी याचिका भेजने के लिए कानून के तहत केवल एक सप्ताह का समय निर्धारित है निर्भया की मॉ ने न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की बाइट अब लग रहा है कि हम फैसले के नजदीक हैं अब उनको जल्दं से जल्दि फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा

इस फैसले का पूरे देश की महिलाओं और बच्चिरयों को इंतजार है उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है

इस जघन्य घटना की देश और दुनिया भर में व्यापक निंदा हुई थी घटना के छह दोषियों में से एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी एक अन्य दोषो नाबालिग था जिसे तीन वर्ष तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया सरकार नाबालिगों के साथ दुष्कर्म सहित ऐसे सभी मामलों की तुरन्त जांच और निपटान के लिए एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना करने जा रही है

कानून और न्याय मंत्रालय ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो के तहत दुष्कर्म के मामलों की तुरन्त जांच और निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए यह योजना बनाई है

कल भारत यात्रा पर आ रहे पुतर्गाल के प्रधानमंत्री एन्टोलनियो कोस्टा भी इस बैठक में शामिल होंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों और महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में अपराध का गाफ कम हुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है बिजनौर की सीजएम कोर्ट में हुये हत्याकांड को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर संस्था की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है लेकिन गुंडागर्दी किसी की भी नहीं चलगी उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है

महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिये मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकारों ने ही महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा महिलाओं के लिये उज्ज्वला योजना उनके लिये शौंचालय जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है इससे पहले विपक्षी दलों मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित की जिसके चलते सदन को कई बार स्थगित किया गया विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिये स्थगित कर दिया गया उधर विधान परिषद में भी सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान न होने जैसे मुद्दों पर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई

उन्होंने बताया कि तीन नई चीनी मिले पूर्वांचल में लगाई गई है विधान परिषद में प्रश्न प्रहर शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने बिजनौर की घटना का उल्लेख करते हुए प्रदेश सरकार पर अपराधियों पर अंकुश न लगाने का आरोप लगाया सपा और कांग्रेस के सदस्य कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नारा लगाते हुए सदन के वेल में आ गये अधिष्ठाता ओम प्रकाश शर्मा ने विपक्षी सदस्यों के शान्त होने पर सदन की कार्यवाही को दो बार स्थगित किया इससे पूर्व शून्य प्रहर में विधान परिषद के पूर्व सदस्य कृष्णपाल सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया विधान परिषद की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और द्वितीय अनुपूरक बजट समेत सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है

आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा इसमें बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति का जिम्मा इसी आयोग को सौंपने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है इसके साथ ही कैबिनेट ने माटी कला स्वरोजगार योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है

कैबिनेट के अन्य फैसलों में सरकारी विभागों और संस्थाओं को अब आउटसोर्सिंग की भर्ती के लिये जेम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य होगा इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जायेगी पहाड़ों में बर्फबारी और पछुआ हवा के चलते प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है लखनऊ सहित विभिन्न जनपदा में पिछले दो दिनों से धूप न निकलने और घने बादल छाये रहने से ठिठुरन बढ़ गई है कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलम्ब से चल रही है शीतलहर के चलते सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम दिखी

बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए कई जिलों में जिलाधिकारी की तरफ स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं

वहीं अन्य जनपदों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अभी फिलहाल दो तीन दिन मौसम ऐसा ही रहेगा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षिक सत्र की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है